शिमला में आज राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्ट्स मीट के पहले ग्राऊंड ब्रेकिंग समारोह की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिन समझौता ज्ञापनों का ग्राऊंड ब्रेकिंग समारोह को चुका है उन परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए मुख्यमंत्री ने बड़ी परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और निवेशकों के पास जाकर उन्हें पेश आ रही समस्याओं के निदान के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को नोडल अधिकारियों के सम्पर्क में रखा जाना चाहिए कोरोना वायरस कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार अनेक एहतियाती कदम उठा रही है सरकार ने आज से प्रदेश के मंदिरों में जगरातों सत्संग व भण्डारों पर रोक लगा दी है इसके अलावा प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में पत्रकारों को बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है और राज्य व जिला स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए है उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है और अभी तक राज्य में आठ संदिग्ध लोगों में इस वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं सोलन अस्पताल में भर्ती एक संदिग्ध की रिपोर्ट भी नैगेटिव आई है मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को इस वायरस के बारे में जागरूक किया जा रहा है और प्रदेश में सभी निजी व सरकारी बसों में कोरोना वायरस को रोकने के लिए स्प्रे की जा रही है मास्क उधर ऊना जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेकर ऊना बस अड्डे पर जागरूकता अभियान चलाया और यात्रियों को मास्क वितरित किए अधिकारियों ने लोगों को कोरोना से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी इस दौरान बस चालकों परिचालकों और टैक्सी ऑप्रेटरों को भी मास्क बांटे गए रिखी राम कौंडल वरिष्ठ भाजपा नेता व झंड्रता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रिखी राम कौंडल का आज तड़के हृदय गति रुकने से निधन हो गया वे झंड्ता विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक च्वने गए

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़्डा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व प्रदेश भाजपा के सभी नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने कहा कि रिखीराम कौंडल एक ईमानदार राजनीतिज्ञ थे और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि रिखी राम कौंडल एक अनुभवी और क्शल राजनेता थे और प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया विक्रमादित्य कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट कर पुलिसकर्मियों की अनेक मांगों को लेकर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा मांगपत्र में पुलिस कॉन्स्टेबलों की सेवाएं आठ वर्ष की बजाए तीन वर्ष बाद नियमित करने सहित अनेक मांगे की गई हैं विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इन मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा और दिन के समय अच्छी धूप खिलने से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है लाहौल स्पीति जिले में बिजली बोर्ड के कर्मियों ने मौसम साफ होते ही अधिकतर भागों में बिजली बहाल कर दी है

चंबा की जनजातीय पांगी घाटी की कुमार परमार पंचायत में पिछले कई दिनों से बिजली न होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सेवा संस्था के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने सरकार से घाटी में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने की मांग की है मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से हल्की वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है